भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने की राजनीतिक पारी से सन्यास लेने की घोषणा स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक देवेश कुमार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने आज शिमला में बताया कि देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों के लिए उधमपुर जम्मू और दिल्ली में विशेष मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं

उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों के ब्यौरे की पुष्टि के लिए आवेदकों को फार्म भरकर आवश्यक दस्तावेज निर्वाचन अधिकारियों या सम्बन्धित उपमण्डलीय न्यायधीशों के पास जमा करवाने होंगे इसके अलावा यह भी प्रमाणित करना जरूरी है कि सभी सदस्य वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और वहां मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं देवेश कुमार ने कहा कि सभी निर्वाचन अधिकारियों को प्रवासी मतदाताओं को फार्म भरने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे आगामी लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश को एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है जो केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही सम्भव है वे आज कांगड़ा जिले में बैजनाथ मण्डल के भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे

जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश हित के लिए देश की कमान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देने की जरूरत है उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिससे प्रदेश के लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से अनुभवी नेता किशन कपूर को पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है और इन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए सराहनीय कार्य किए हैं जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि किशन कपूर को जनता भारी मतों से अवश्य जीत दिलाएगी उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता सराहनीय कार्य करेंगे

मुख्यमंत्री ने पार्टी में शामिल होने पर सभी का स्वागत किया जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कांगड़ा महिला मोर्चा के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा संगठन पार्टी की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर महिलाओं में काफी जोश व उत्साह देखा जा रहा है इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार और भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद शांता कुमार भी मौजूद रहे प्रचार चम्बा वहीं भाजपा ने बूथ स्तर पर अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है भटियात से विधायक विक्रम सिंह जरयाल ने आज चम्बा में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बूथ स्तर के अभियान के दौरान लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा ने सशक्त उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं और पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी

जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी विवेक चौहान ने पर्यवेक्षकों को चुनाव में अपनी सहभागिता ईमानदारी से निभाने और चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने संबंधी जानकारी दी उन्होंने कहा कि जिले में सभी अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी राजवंत संध् नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की राज्य समिति की अध्यक्ष राजवंत संधू ने स्वच्छता के लिए सभी शहरी निकायों में वार्ड कमेटियां गठित करने और ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत बताई है वे आज धर्मशाला में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर शहरी निकायों और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहीं थी राजवंत संधू ने डोर ट्र डोर कूड़ा एकत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने और स्कूलों में विद्यार्थियों को स्वच्छता प्रहरी बनाकर लोगों को जागरूक करने पर भी बल दिया उन्होंने शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और पर्यटन स्थलों के लिए भी कूड़ा एकत्रिकरण की दिशा में योजना बनाने को कहा बैठक में उपायुक्त संदीप कुमार ने भी स्वच्छता व कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी शांता कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपनी राजनीतिक पारी से सन्यास लेने की घोषणा कर दी है धर्मशाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने ये ऐलान करते हुए कहा कि वे अपने राजनीतिक जीवन से बेहद खुश हैं और अपनी विदाई का उत्सव मना रहे हैं शांता कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज देश सही दिशा की ओर अग्रसर है स्वीप कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की लगघाटी के भल्याणी कड़ौन और तेलंग सहित अन्य गांवों में लोगों को मतदान के महत्व की जानकारी दी गई स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी रमन जैन और सहायक नोडल अधिकारी राजीव चड़ढा ने मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की उन्होंने मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित पात्र युवाओं से अपना नाम जल्द पंजीकृत करने का आग्रह भी किया उधर लाहौल स्पिति जिला निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत आज केलंग के समीप युरनाथ गांव में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया सहायक निर्वाचन अधिकारी अमर नेगी ने लोगों से मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और युवाओं से अपने मतदाता पहचान पत्र बनवाने की अपील की

स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी दिलीप वर्मा ने बताया कि मतदान प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मतदान केन्द्रों में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनों को जोड़ा जाएगा उन्होंने आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वरिष्ठ नागरिकों युवाओं और महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया

शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला संसदीय क्षेत्र के पांवटा साहिब में मौजूद रहेगें एक सवाल के जवाब में चन्द्रमोहन ठाक्र ने बताया कि ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा को लेकर पार्टी उचित समय पर निर्णय लेगी डीसी ऊना चुनाव आयोग इस बार सभी शतायु मतदाताओं को रोल मॉडल बनाएगा ताकि चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके और युवा मतदान के लिए प्रेरित हों ऊना के जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने कहा है कि सौ वर्ष से अधिक आयु के सभी मतदाताओं को निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान का निमंत्रण दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया गया है ऐसे में बुजुर्ग मतदाता अन्य लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकते हैं

ये पुस्तक लैफ्टिनेंट उमर फयाज के बारे में है जिनकी कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई थी इसके अलावा ये पुस्तक भारतीय सेना में सेवारत्त सैनिकों की बहादुरी व साहस पर आधारित है और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा दायक है इस अवसर पर सेना प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला सहित कॉलेजों व स्कूलों के विद्यार्थी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे डीसी किन्नौर किन्नौर के जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चन्द ने आज रिकांगपिओ में चुनाव तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ एक बैठक की उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए